उन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर के उन रक्षकों के महान बलिदान को नमन करते हुए कहा कि आतंकवादी ताकतों को परास्त करने के अपने संकल्प को हम मजबूत करते हैं

उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान का हम सदा याद रखेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा राष्ट्र उन शहीदों का ऋणी रहेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन सुरक्षाकर्मियों और संसद के अधिकारियों को याद किया जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा के लिए अपर्न प्राणों की आहति दी थी उन्होंने कहा कि उनकी कर्तव्य निष्ठाा और वीरता हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमारे संकल्प को दृढ़ करेगी

उन्होंने कहा कि आज किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ बाहर भी बेच सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी कृषि उपज की बिक्री की जा सकती है प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में देश ने अपने ज्यादातर नागरिकों की रक्षा करने में बडी कामयाबी हासिल की है भारत ने इस दौरान देश भर में लोगों की जीवन रक्षा के कार्य को प्राथमिकता दी और महामारी से निपटने के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाये

कल भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ फिक्की के वार्षिक कार्यक्रम ने उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों के लिए व्यापार वाणिज्य और कारोबार के नये अवसर खुलेगे और पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव भी नहीं होगा

विभाग ने देश भर में स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन और बिक्री बढाने की दिशा में व्यापक कार्य योजना तैयार की है

इसका उद्देश्य स्वदेशी खिलौनों की ग्णवत्ता को प्राथमिकता देते हये खिलौनों के उत्पादन में केन्द्र राज्यों और संबंधित हितधारकों के समन्वित प्रयासों को आगे बढाना है

यह भवन रांची के मोरहाबादी स्थित पूराने महाविद्यालय परिसर में बनाया गया है महाविद्यालय में झारखंड की नौ विभिन्न जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होती है इस अवसर पर राज्यपाल ने महाविद्यालय परिसर स्थित बहुउद्देशीय भवन परिसर में बास्केट बॉल कोर्ट का भी उदघाटन किया

अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर संतानवें दशमलव छह छह प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है

इस समय इलाज करा रहे रोगियों की संख्या संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों के मुकाबले सिर्फ तीन दशमलव छह छह प्रतिशत है

इस समय भारत में महामारी से मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है

प्रारंभिक चरण की परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे मुख्य परीक्षा एनसीईआरटी द्वारा ली जायेगी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को कक्षा नौ से बारहवीं तक एक हजार दो सौ पचास रूपये प्रतिमाह और स्नातक तथा स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई के लिए दो हजार रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी

पुलिस के अनुसार उसकी हत्या पत्थर से कूचकर की गई है हालांकि अभी तक हत्या के कारणों और आरोपियों का पता नहीं चल सका है बुण्डू के एसडीपीओ अजय कुमार ने कहा कि हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा

कल कई जिलों में बुंदा बांदी भी हुई राजस्थान के पास पश्चिमी विक्षोम से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है इस वजह से अरब सागर में नमी है यह नमी राजस्थान महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश होते हुए झारखंड की ओर आ रहा है इस कारण आकाश में बादल छाये हुए हैं आनेवाले दिनों में बारिश होने के भी अनुमान है मौसम विभाग रांची के अनुसार अभी जो आकाश में बादल बना हुआ है इसका असर सोलह दिसंबर तक रह सकता है इस दौरान कहीं कहीं अच्छी और मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है और तापमान में गिरावट आ सकती है